लगभग दस मंत्री वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं

इसके अलावा राज्य मंत्री के रूप में भारत सिंह कुशवाह इंदर सिंह परमार रामखेलावन पटेल रामकिशोर कांवरे बृजेंद्र सिंह यादव गिर्राज डंडोतिया सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया ने शपथ ग्रहण की मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई

प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरूआत की है

सीहोर जिले में कल कोरोना पाजिटिज दो और मरीज पाए गये हरदा जिले में आठ नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं

कल इस योजना की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक की कैपिटल मार्केट लिमिटेड द्वारा गठित एसएलएस ट्रस्ट के माध्यम से की गई

वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस योजना के लिए धन रिजर्व बैंक उपलब्ध कराएगा इसके लिए रिजर्व बैंक ट्रस्ट द्वारा जारी सरकारी गारंटी वाली विशेष प्रतिभूतियां खरीदेगा

केंद्र सरकार इन प्रतिभूतियों की बिना शर्त गारंटी देगी यह योजना तीन महीने के लिए खुली रखी जाएगी

पहली से आठवीं कक्षा के लिये भी इसी तरह की एक योजना बनाई गई है लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने बताया कि विद्यार्थी अब अपने घर पर ही विद्यालय के वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगे नागरिक डाटाबेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में प्रदेश में एकल नागरिक डाटाबेस पर कार्य किया जा रहा है इससे विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ देने के लिए आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी और उन्हें अलग अलग योजना के लिए बार बार जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे जहां एक ओर समय की बचत होगी वहीं योजनाओं का त्वरित लाभ और आसान हो जायेगा

मंडला जिले में आज सुबह से ही रूक रूककर बारिश जारी है